कोविड महामारी से देश एकसाथ लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें टिहरी लेक फेस्टिवल म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि टिहरी में भागीरथी के तट पर अंतरराष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी आज टिहरी लेक फेस्टिवल के श्भारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की इस विदयालय में विद्यार्थियों को संस्कृत के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी लेक फेस्टिवल अब से हर वर्ष बसंत पंचमी पर ही श्रू होगा

उन्होंने कहा कि राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर विंग की स्थापना की गई है जिसका असर दिखने लगा है उन्होंने कहा कि टिहरी में विकास कार्य इस विजन के साथ किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके और पलायन रुके इस अवसर पर कृषि मंत्री स्बोध उनियाल ने कहा कि टिहरी झील आने वाले समय में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगी आपको बता दें कि टिहरी लेक फेस्टिवल में विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है इनमें पैराग्लाइडिंग पैरा मोटर पैरासेलिंग बोट स्कूबा डाइविंग हॉट एयर बैलून क्याकिंग केनोइंग हाईरोप कोर्स रॉक क्लाइंबिंग जैसे साहसिक खेल शामिल हैं

जिला प्रशासन ने तपोवन और रैणी में लापता लोगों के परिजनों के लिए राहत शिविर लगाया है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया हर रोज शिविर में परिजनों से मुलाकात कर रही हैं राहत शिविर में परिजनों के लिए काउंसलर की व्यवस्था भी की गई है जिलाधिकारी ने करछौं गांव से लापता लोगों के घर पहंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात की उनहोंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए दिन रात हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं हथकरघा बैठक राज्य के उत्पादों के इम्पोरियम बड़े शहरों में भी स्थापित किये जायें इसके साथ ही ऊन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये ऊन के कलस्टर तैयार करने के भी निर्देश म्ख्यमंत्री ने दिये देहरादून में हुई उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिये म्ख्यमंत्री ने कहा कि हमारे उत्पादों को विशिष्ट पहचान मिले इसके लिये उत्पादों की ग्णवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय बांस भीमल और पिरूल का भी हस्तशिल्प में विशेष उपयोग किया जाय उन्होंने वन पंचायतों के माध्यम से रिंगाल उत्पादन की दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिये रेंटल रेजिडेंशियल काम्प्लैक्स स्कीम केंद्र सरकार की रेंटल रेजिडेंशियल काम्प्लैक्स स्किम के तहत चम्पावत जिले की नगर पंचायत और नगर पालिका अपने प्राने भवनों का जीर्णोद्वार कर और अपनी खाली भूमि पर आवासीय भवनों का निर्माण कर किराये पर घर उपलब्ध कराएगी पीपीपी मोड के आधार पर निर्मित दो कमरों के भवनों को प्रवासियों आर्थिक रूप से कमजोर निम्न आय वर्ग के लोगों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर किराये पर घर उपलब्ध कराने की योजना है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु ह्ई है

आज म्ख्य चिकित्साधिकारी डॉ बीडी जोशी ने द्रसरी डोज का टीका लगवाया

टीकाकरण के लिए दो सेशन साइट सीएमओ कार्यालय और जिला चिकित्सालय में बनाया गया था

टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित राजदरबार में आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कपाट खोलने की तिथि घोषित की गई

भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों का तेल राजदरबार में हर साल सुहागिन महिलाओं दवारा पिरोया जाता है इससे पहले बदरीनाथ के डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि गाड़ घड़ा लेकर नरेंद्रनगर राज महल पहंचे जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया

इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है हरिदवार स्थित हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर श्रद्वालुओं ने स्नान किया इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है

हरिद्वार प्लिस के साथ ही क्म्भ मेले के लिए तैनात की गई प्लिसकर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स ने आज के स्नान के दौरान स्रक्षा व्यवस्था संभाली तीर्थ प्रोहितों के अन्सार इस दिन गंगा स्नान के साथ ही दान पित् कर्म और सोलह संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है ऋत् परिवर्तन के इस पर्व पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है बागेश्वर जिले में भी वसंत पंचमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्रद्वाल्ओं ने पवित्र सरयू नदी में ड्बकी लगाई और पौराणिक बागनाथ समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की इसके अलावा सूरजकंड स्थित सरयू के तट कपकोट के तप्तक्ंड और बैछम स्थित भद्रत्ंग में बच्चों का चूड़ाकर्म और जनेऊ संस्कार कराया गया